कहा भारत लगभग तीन हजार बाघों के साथ विश्व में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित स्थल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

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में सभी भागीदारों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस समर्पण और तेजी से यह लक्ष्य पूरा किया गया है वह सराहनीय है उन्होंने कहा कि यह संकल्प से सिद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में देश में वनों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है उन्होंने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है समारोह को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर बाघ संरक्षण में भारत की उपलब्धियों पर है उन्होंने कहा कि देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर है पर्यावरण मंत्री ने सर्वेक्षण में शामिल लोगों को बधाई दी

सीएम ऑन टाइगर्स मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड जैव विविधता पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है

लेकिन भारत ने यह लक्ष्य चार साल पहले ही हासिल कर लिया इसमें उत्तराखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा ळें मुख्यमंत्री ने कहा कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण उत्तराखंड की संस्कृति में है उन्होंने कहा कि बाघ पारिस्थितिक तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में सभी प्रतिभागी राज्यों के प्रतिनिधियों ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन रखते हुए सतत् विकास का संकल्प लिया है निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने की समय सीमा दो हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दी जाए

श्री निशंक आज नई दिल्ली में नए भारत के लिए नई शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर देश में सकारात्मक सोच है इस नीति को तैयार करते वक्त सभी सुझावों पर विचार किया जाए जल संरक्षण जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने विभिन्न नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण आज बहुत बड़ी आवश्यकता है

इस अवसर पर श्री भारती ने कहा कि पानी का भंडारण ही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे हम आने वाले समय में पानी की किल्लत से बच सकते हैं कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने कहा कि पानी को बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा सावन सोमवार आज सावन का दूसरा सोमवार है इस पावन अवसर पर प्रदेशभर के शिवालयों में सुबह से ही कांवड़ियों और अन्य शिवभक्तों की भीड़ उमड़ने लगी लोगों ने मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया हरिद्वार के शिव मंदिरों में शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा खासकर कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही श्रद्वालुओं की लम्बी कतारें लगी रही माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने कनखल में ही निवास करते है और यही से सुष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं चमोली जिले के गोपीनाथ रुद्रनाथ बामनाथ कल्पेशवर बेरासकुंड सकलेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ लगी रही बद्रीनाथ स्थित आदिकेदार में सावन के द्रसरे सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उमड़े आदिकेदार का महत्व केदारनाथ के बराबर माना गया है अन्य जिलों में भी सभी शिवालय आज भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठे सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं मौसम प्रदेश में अधिकांश जगह आज बादल छाये रहे कहीं कहीं बारिश की भी खबर है रविवार को भी कुछ जगहों पर रातभर बारिश होती रही बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर पड़ा है वहीं बारिश से कुछ सड़कें भी बाधित हुई हैं राज्य के दुर्गम इलाकों में अब भी कई ग्रामीण मोटरमार्ग अवरुद्ध हैं जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है

हिमालय कॉन्क्लेव सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि हिमालयन कान्क्लेव में मुख्य रूप से आपदा जल शक्ति पर्यावरणीय सेवाओं आदि पर चर्चा की गई इस बीच हिमालयी राज्यों द्वारा एक कॉमन एजेंडा तैयार कर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया गया जिसमें हिमालयी राज्यों द्वारा पर्यावरणीय सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस दिये जाने की भी मांग की गई है पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने मसूरी में आयोजित हिमालयन कान्क्लेव को सफल बताया उन्होंने बताया कि हिमालयन कान्क्लेव में मुख्य रूप से आपदा जल शक्ति पर्यावरणीय सेवाओं आदि पर चर्चा की गई उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य देश के जल स्तम्भ है जो जल शक्ति संचय मिशन में प्रभावी योगदान देंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं में हिमालयी राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाना चाहिए साथ ही नये पर्यटक स्थलों को विकसित करने में सहयोग और देश की सुरक्षा को देखते हुए पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमालयी राज्यों की इस चिंता पर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है हिमालयन कान्क्लेव में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि इसका आयोजन हर साल किया जाए इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय के गठन की मांग भी की गई गोष्ठी उत्तरकाशी उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में हेपेटाइटस को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी में चिकित्सकों ने हेपेटाइटस के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि हेपेटाइटस गम्मीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है इस रोग के रोकथाम के लिए समय समय पर उपचार और टीकाकरण जरूरी है गोष्ठी में बताया गया कि अगर हेपेटाइटस का इलाज समय पर नहीं किया गया तो भविष्य में लिवरसिरोसिस कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है

जिला प्रभारी मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने जिला नियोजन समिति की ओर से पारित योजनाओं के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है

इस वित्तीय वर्ष के लिए पांच रुपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है

सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर देश भर में सभी वक्फ सम्पत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है